पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि यह अभियान एक महीने तक चलेगा उन्होंने बताया कि स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से गांवों में गुणात्मक औरमात्रात्मक मूल्यांकन के आधार पर सभी जिलों और देश के राज्यों का वर्गीकरण किया जाएगा श्री अय्यर ने बताया कि यह वर्गीकरण स्वच्छता के प्रति नागरिकों की सोच और सार्वजनिकस्थानों पर सर्वेक्षण सहित स्वच्छता मानकों पर आधारित होगा

याचिका में कहा गया था कि इस फैसले से लोगों की डिजिटल औरसोशल मीडिया पर दिए गए संदेशों की जानकारी एकत्र की जा सकेगी मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कनसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड को इस परियोजना के लिए सॉफ्टवेयरउपलब्ध कराने का ठेका दिया है

उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा चार परीक्षा स्पेशल रेलगाडियां चलायी जाएगी राजस्थान रोडवेज ने भी परीक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की हैं कई जिलों में परीक्षा की अवधि में इंटरनेट सेवाएं निलम्बित रहेंगी प्रलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने आज पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित कर परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा कीं उन्होंने बताया कि यह परीक्षा निर्बाध सम्पन्न कराने के लिये व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबन्ध किये गये है

परीक्षा में गडबडी का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्व सतत् निगरानी रखी जा रही है

इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि रेलवे ने दस से अधिक अंत्योदय एक्सप्रेस चलायी है राजस्थान में लम्बी दूरी की यह पहली रेलगाड़ी है झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील के लड़ानिया गांव के शहीद सपूत मुकुट बिहारी मीणा की पार्थिव देह उनके पैतुक गांव पहुंचने के बाद कल पूरे राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतकियों से लोहा लेते शहीद हुए मुकुट मीणा की पार्थिव देह आज जयपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुष्प चक अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी उनका शव हैलिकॉप्टर से झालावाड़ की कोलाना हवाई पट्टी पहुंचाया जा रहा है शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उनके पैतृक गांव लनिया में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं

इसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई बैठक में श्री चतुर्वेदी ने कहा कि इस योजना के तहत वृद्धजनों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण दिए जाएंगे

इस कॉन्क्लेव में पर्यटन विमाग से जुड़ी कई हस्तियों ने भाग लिया कॉन्क्लेव में भाग लेने आए भारत में मॉरिशस के उच्चायुक्त जे गोबर्घन ने कहा कि मॉरिशस और भारत रिश्ता खून का रिश्ता है क्योंकि वहां रहने वाले ज्यादातर लोगों के पुरखे इसी देश के हैं

सीकर जिले में लगभग सभी जगह बारिश हुई है इस बीच फतेहपुर कस्बे में मूसलाघार बारिश से जगह जगह पानी भर गया मकानों और द्कानों में पानी घ्रसने से काफी नुकसान हुआ है

तेज बरसात से शहर की सड़कों पर पानी भर गया झालावाड़ नागौर करौली भीलवाड़ा और बूंदी में भी लगभग सभी जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई है